प्रदेश में कम्पयूटर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य के सभी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में इसी साल आईसीटी लैब की जाएगी स्थापित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व केन्द्रीय मंत्री पी चिदम्बरम की गिरफ्तारी पर विधानसभा में हंगामा मामले पर विपक्ष का सदन से वॉकआउट राज्यपाल कलराज मिश्र ने आलू के गहन वैज्ञानिक शोध पर दिया बल प्रश्नकाल मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कहा है कि हिमाचल के वित्तीय संसाधनों को देखते हए प्रदेश में पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करना बेहद मुश्किल है विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान न्यू पेंशन स्कीम के संबंध में पूछे गए एक सवाल पर उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल को छोड़कर शेष सभी राज्यों ने नई पेंशन स्कीम लागू कर दी है इससे पहले विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री और माकपा के राकेश सिंघा के मूल सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल पेंशन मामले में भारत सरकार के नियमों को लागू करता है जबकि वेतनमान के मामले में पंजाब का अनुसरण करता है

उस समय राज्य में कांग्रेस की सरकार थी

वहीं नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के एक सवाल के जवाब में उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने कहा कि प्रदेश में सीमेंट के दामों को नियंत्रित करने के लिए सरकार सीमेंट कंपनियों के साथ बैठक कर इन्हें दाम घटाने के लिए मजबूर करेगी उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में सीमेंट के दामों में ज्यादा वृद्धि नहीं हुई है और ये दाम पिछले साल के बराबर ही हैं विधायक पवन काजल के एक सवाल पर मुख्यमंत्री ने पिछले साल के बजट में घोषित मुख्यमंत्री लोकभवन योजना को लागू करने में हो रही देरी पर नाराजगी जताई और कहा कि इसके तहत बनने वाले भवनों पर सितंबर माह में काम शुरू कर दिया जाएगा

इससे पूर्व मूल प्रश्न के उत्तर में ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेंद्र कवर ने कहा कि यदि इस योजना के तहत किसी चुनाव क्षेत्र में दूसरे भवन का निर्माण करना है तो इसके लिए आधी राशि विधायक को अपनी निधि से देनी होगी उन्होंने यह भी कहा कि इस भवन के निर्माण की गुणवत्ता का ध्यान रखने के लिए अलग से विंग बनाया गया है विधायक रमेश ध्वाला के एक सवाल के जवाब में परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में परिचालकों की नियुक्तियों में एक ही चुनाव क्षेत्र के ज्यादा उम्मीदवारों को नौकरी पर रखे जाने के मामले की जांच होगी उन्होंने कहा कि इसमें कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी परिवहन मंत्री ने कहा कि पिछले तीन वर्षो में चालकों की तीन बार और कंडक्टरों की दो बार भर्ती हुई

उन्होंने कहा कि इसका निर्माण जल्द पूरा कर लिया जाएगा संकल्प प्रदेश में कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इसी साल राज्य के सभी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में आईसीटी लैब स्थापित की जाएगी शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज विधानसभा में गैर सरकारी सदस्य कार्य दिवस के तहत कर्नल इंद्र सिंह द्वारा लाए गए संकल्प के जवाब में ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी मेधावियों को इसी साल लैपटॉप बांट दिए जाएंगे सुरेश भारद्वाज ने शिक्षा विभाग में आउटसोर्स आधार पर कार्यरत कंप्यूटर शिक्षकों को किसी न किसी पॉलिसी के तहत विभाग में समाहित करने की संभावनाओं का पता लगाने की भी बात कही मंत्री के जवाब से संतुष्ट विधायक इंद्र सिंह ने बाद में अपना संकल्प वापस ले लिया

भारद्वाज ने ये भी कहा कि सरकार भविष्य में कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य बनाने का प्रयास करेगी उन्होंने शिक्षा विभाग में हुए स्कॉलरशिप घोटाले का भी जिक्र किया और इसे प्रदेश के गरीब विद्यार्थियों के साथ बहुत बड़ा धोखा करार दिया विधायक राजेंद्र गर्ग सुरेंद्र शौरी इंद्र सिंह गांधी ने भी इस चर्चा में हिस्सा लिया

बीती रात उनको सीबीआई द्वारा आईएनएक्स मीडिया मामले में उनके आवास से गिरफ्तार किया गया था वाकआउट इस बीच विधानसभा में आज पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम की गिरफ्तारी का मामला गूंजा प्रश्नकाल के बाद विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को रात के अंधेरे में गिरफ्तार करने की कड़ी निंदा की और कहा कि इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने अग्निहोत्री को सदन में इस मामले को उठाने की इजाजत नहीं दी जिस पर विपक्षी सदस्य अपनी सीटों से उठ गए और नारेबाजी करने लगे विपक्ष के लगातार नारेबाजी करने के बाद सत्तापक्ष के विधायक भी अपनी सीटों से उठे और विपक्ष के खिलाफ नारेबाजी करने लगे काफी देर तक चले हंगामे के बाद विपक्ष ने सदन से वाकआउट कर दिया मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विपक्ष के वाकआउट की निंदा करते हुए कहा कि यह मामला कोर्ट से जुड़ा है उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत रद्द होने के बाद ही पी चिदंबरम की गिरफ्तारी हुई है जयराम ठाकुर ने कहा कि सीबीआई और ईडी ने चिदंबरम को सामने आने को कहा था लेकिन वे नहीं आए मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की प्रतिबद्वता है

दूसरी ओर विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि केंद्र सरकार सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग कर रही है और लोकतंत्र की हत्या हो रही है

उन्होंने कहा कि प्रदेश की जलवायु आलू की खेती के अनुकूल है लेकिन आधुनिक तकनीक और अनुसंधान के कारण अब देश के अन्य भागों में आलू भारी मात्रा में उगाया जा रहा है जिसका श्रेय सीपीआरआई को जाता है बरागटा मुख्य सचेतक व जुब्बल कोटखाई क्षेत्र से विधायक नरेन्द्र बरागटा ने कहा है कि क्षेत्र में पिछले दिनों भारी वर्षा से अवरूद्ध अधिकतर सम्पर्क सड़कों को खोल दिया गया है उन्होंने आज कोटखाई क्षेत्र की वर्षा से प्रभावित गरावग व दरकोटी पंचायतों का दौरा किया और अधिकारियों को शेष मार्गों को जल्द खोलने के निर्देश दिए बरागटा ने बताया कि क्षेत्र में सेब सीजन को देखते हुए जल्द ही सभी सड़कों को वाहनों की आवाजाही के लिए बहाल कर दिया जाएगा